उन्होंने बताया कि यह वितरण डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर विशेष ध्यान देते हुए किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक स्थलों पर लाभार्थियों का आपस में संपर्क कम से कम हो सके श्रीमती सीतारामन ने वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों से कहा कि भारत को वित्तीय समावेश के दूरदर्शी उपायों का अब फायदा हो रहा है जोकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये सुधार उपायों का हिस्सा हैं वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार रिजर्व बैंक और अन्य एजेंसियों द्वारा शुरू किये गये मौद्रिक नीति उपायों से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने में मदद मिली है

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की समय पर की गई कार्रवाई से नोवल कोरोना वायरस से कारगर ढंग से निपटने में म दद मिली है और वह दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के आसपास के बफर जोन में पूल टेस्ट का काम कल से श्रू हो गया है आगरा में बफर जान में पांच पांच नमूनों के तीस पूल बनाये गये और इन सभी एक सौ पचास लोगों में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया

उन्होंने बताया कि इस संक्रमण से प्रदेश में तेरह लोगों की मौत हुई है

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये का पैकेज जारी किया है जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री जनधन उज्ज्वला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को मदद दी जाती है

श्री पाल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की

केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हुए इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की है विस्तारित अवधि के दौरान बीमा का लाभ मिलता रहेगा और दावों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा

लॉकडाउन का कडाई से पालन कराने के लिए कई निदेश जारी किये गये हैं सभी कार्य स्थानों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था अनिवार्य है कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी प्रत्येक कार्य स्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान एक घंटे का अंतराल होगा सेवाकर्मियों का एकसाथ भोजनावकाश नहीं होगा

पाँच वर्ष से कम आयू के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वच्छता कर्मियों पर यदि कोई हमला करेगा तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी उन्होंने निर्देश दिए कि उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए नुकसान की भरपाई के लिये उनकी सम्पत्ति भी जब्त को जा सकती है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस को भी तैनात करने के निर्देश दिये हैं आज लखनऊ में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए जनता को आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिये होम डिलीवरी की व्यवस्था और सप्लाई चेन बनाये रखने के भी उन्होंने निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित किया जाये हॉट स्पाट क्षेत्रों में केवल मेडिकल सेनिटाइजेशन एवं डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति दी जाये उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को जानबूझकर छिपाने वाले लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाए ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वालों और उनकी तलाशी न करने वाले थानेदारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए

उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा संचालित कॉलसेन्टर हेलपलाइन एवं नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से कार्यशील रह कर लोगों को पूरी सहायता प्रदान करें

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ नरेश गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे

उन्होंने सभी सत्तर हजार स्थायी और संविदा कर्मियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य ऐप को तीन दिन के भीतर डॉउनलोड करना सुनिश्चित करने को कहा साथ ही सभी बिजली घरों में थर्मल स्कैनिंग की सुविधा के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को नोवल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए औचक जांच शुरू करनी चाहिए श्री गांधी ने यह भी कहा कि इस संकट से निपटने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा और राज्यों को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने होंगे ताकि ये इससे कुशलता पूर्वक निपट सकें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के भारत के निर्णय का वह समर्थन करता है